निवेश और विकास के बारे में पांच सदस्यों वाली मंत्रिमंडलीय समिति में केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा रेलवे मंत्री पीयूष गोयल शामिल हैं रोजगार और कौशल विकास के बारे में मंत्रियों की दस सदस्यों वाली समिति में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक पेट्रोलियम मंत्री धर्मेद्र प्रधान कौशल और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार और आवास तथा शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी शमिल हैं

सीएम मुलाकात मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से सौजन्य भेंट की श्री नाथ ने प्रदेश से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री से सहयोग की अपेक्षा की किसान श्रद्धांजलि मंदसौर में हुए गोलीकांड की आज दूसरी बरसी पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मृतकों को श्रद्वांजलि अर्पित की है अपने एक ट्वीट में कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस सरकार गोलीकांड के दोषियों को सजा दिलाने पीड़ितों को न्याय दिलाने और बेगुनाह किसानों पर दर्ज झूठे मुकदमें वापस लेने के लिये दुढसंकल्पित हैं मंदसौर में दो साल पहले किसान आंदोलन के दौरान हई हिंसा के चलते हुई गोलीबारी में छह आंदोलकारियों की मौत हो गई थी प्रताप जयंती आज महाराणा प्रताप और बुंदेलकेशरी महाराजा छत्रसाल की जयंती है इस उपलक्ष्य में प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं भोपाल में महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर भारतीय जनता पार्टी नेताओं ने माल्यार्पण कर जंयती मनाई इस उपलक्ष्य में भोपाल की नवनिर्वाचित सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पूर्व सांसद आलोक संजर सहित कई अन्य नेता मौजूद थे उधर महाराणा प्रताप जन्मोत्सव समिति ने शहर में वाहन रैली निकाली शाम को कवि सम्मेलन और शौर्य यात्रा का आयोजन किया गया है आम महोत्सव नाबार्ड द्वारा प्रदेश के आदिवासी किसानों के उत्पाद पर आधारित राज्य स्तरीय प्रदर्शनी सह बिक्री तीन दिवसीय कार्यक्रम आम महोत्सव आज से राजधानी भोपाल में आयोजित किया जा रहा है आम महोत्सव नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय अरेरा कॉलोनी भोपाल में रखा गया है किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री सचिन यादव ने महोत्सव का शुभारंभ किया

स्थापना वर्षगॉठ राजधानी रिथित जनजातीय संग्रहालय के स्थापना दिवस पर आज से पांच दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं पहले दिन कोलकाता की सुश्री ममता शंकर द्वारा निर्देशित शबरी नृत्य नाटिका की प्रस्तुति होगी वहीं जनजातीय जीवन और देशज ज्ञान पंरपरा कार्यक्रम आयोजित है दूसरे दिन कल शाम सात बजे से मध्यप्रदेश जनजातीय नृत्यों की प्रस्तुति होगी गर्मी प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का दौर जारी है

मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान दमोह सागर रायसेन राजगढ़ मुरैना भिंड और श्योपुर जिलों में भीषण लू चलने की चेतावनी दी है

जिले के उचहरा में एक रैली निकाली गई